योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में एक दिन मध्याहन भोजन के साथ दूध दिया जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को जयहरीखाल में मिलेगा आवासीय विद्यालय

अगले चौबीस घण्टों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की संभावना शुभारम्भ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारम्भ किया इस योजना के तहत प्रदेश के सत्रह हजार से ज्यादा स्कूलों के लगभग सात लाख बच्चों को मध्यान भोजन में निःशुल्क सौ एमएल दूध दिया जाएगा पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सप्ताह में एक दिन दूध उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने बताया कि आगनबाड़ी स्कूलों में यह योजना पहले से ही लागू है जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं

इस विद्यालय में कक्षा छह से लेकर बारहवीं तक के छात्र पढ़ सकेंगे देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के छात्रों में प्रतिभाओं की कमी नही हैं और सरकार का प्रयास है कि प्रतिभाशाली बच्चों को आगे लाया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी भाषा और बोलियों का संरक्षण करना जरूरी है और स्कूली पाठ्यक्रम में स्थानीय बोलियों एवं शब्दकोष का समावेश इस दिशा में सराहनीय प्रयास है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुमाऊँनी एवं गढ़वाली भाषा की कक्षा पहली से पांचवी तक की पुस्तकों का लोकार्पण और कुमाऊँनी गढ़वाली जौनसारी शब्दकोष का विमोचन भी किया गैरसैंण राजधानी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द अमल करने जा रहे हैं उन्होंने कहा है कि आगामी कैबिनेट में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने पर प्रस्ताव लाया जा सकता है देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गैरसैंण पर राजनैतिक निर्णय हो चुका है अब इसे अमल में लाने को सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाने जा रही है यह समिति गैरसैंण के साथ ही आसपास के इलाकों के विकास का खाका तैयार करेगी समिति के सदस्यों के विषय में मंत्रिमंडल ही निर्णय लेगा इससे पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी का नोटिफिकेशन जारी होगा फिर मई जून में विशेषज्ञों के साथ गैरसैंण में विकास की संभावनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा बैठक बागेश्वर जिले में स्कूली बच्चों को तकनीकि की मदद से अब बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम की बैठक में आज जिलाधिकारी ने कहा कि बेहतर तकनीकि की मदद से बच्चों को सीखने में आसानी होती है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उतकृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने को भी कहा वहीं स्कूलों में आयोजित होने वाले हैप्पी हावर के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की बात भी कही गई ताकि बच्चों की पढ़ाई की शुरूआत एक मजबूत और स्वस्थ मानसिकता के साथ हो सके निर्णय देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ उत्तराखण्ड शाखा की विभिन्न विभिन्न मांगों पर विचार एवं समाधान के लिए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में दिव्यांगजनो के लिए आरक्षित कोटे में बैकलॉग की गणना कर एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा साथ ही सभी श्रेणियों की नौकरी में दिव्यांग लोगों को सेवानियोजित करने और पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने पर भी सहमति बनी है बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दिव्यांगजनों को भवन कर में छूट दी जाएगी और साथ ही उन्हें साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी पहुंचाई जाएगी बैठक में प्रमुख विभाग के अधिकारियों सहित राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के छह सदस्य प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों की जानकारी दी लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि शुरू में देश के सात प्रमुख हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही थी लेकिन अब तीस हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों की विस्तृत जांच की जा रही है

उन्होंने लोगों में कोरोना वायरस को लेकर घबराहट दूर करने के लिए सभी मंत्रालयों से सहयोग का आग्रह किया

यह निर्णय कल से लागू हो जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंत्रिसमूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया

ओसीआई कार्ड धारकों को प्रदान की गई वीजा मुक्त यात्रा सुविधा पर भी पन्द्रह अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गई है अपील मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइड लाइन का पालन करें उन्होंने कहा कि इस वायरस के प्रति सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक इस वायरस का कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है लेकिन सभी को सतर्क रहने की जरूरत है मौसम प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला सुबह के समय राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई जिसके बाद दोपहर के समय धूप खिली रही लेकिन शाम के समय मौसम ने एकबार फिर करवट बदली और विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घण्टों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है वहीं विभाग ने राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में हिमपात की संभावना भी जताई है विभाग के पूर्वानुमान है कि देहरादून उधमसिंह नगर हरिद्वार और नैनीताल में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और भारी बारिश हो सकती है उज्जवला योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के परिवारों खासा लाभ पहुंचा है प्रदेश में परम्परागत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ईघन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था इससे निकलने वाले धुएं से महिलाओं के स्वस्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता और उनका ज्यादातर समय खाना पकाने में ही बर्बाद हो जाता ऊधमसिंह नगर जिले में अभी तक इस योजना तिरानब्बे हजार दो सौ अस्सी लोगो को गैस कनैक्शन वितरित किये गये हैं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का कहना है कि उन्हें लकड़ी और धुएं की परेशानी से पूरी तरह निजात मिल गयी है और अब उन्हें खाना बनाने में कम समय लगता है

चारधाम यात्रा के संबंध में आज उत्तरकाशी में जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने यात्रा से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्ग पर आने वाले श्रद्वालुओं के लिये सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी सड़को को दुरस्त करने को कहा